रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के कमांडरों से उभरते खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने को कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा गरीबो के लिए वरदान साबित हो रही है केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना योजना के तहत बच्चों को तरजीह देने पर दिया बल पन्द्रहवें वित्त आयोग ने की प्रदेश सरकार के विकास कार्यो की सराहना कहा देश को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने की है आवश्यकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अयोध्या के दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का दर्जा देने फिल्म सांड़ की ऑख को टैक्स फ्री करने सहित तेरह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या के दीपोत्सव मेले के प्रांतीयकरण किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राज्य मेले का दर्जा मिलने के बाद इसका प्रबंधन और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अब यहां श्रद्वालुओं को और अधिक अच्छी सुविघाए उपलब्ध कराई जा सकेगी इससे पहले विंध्यांचल शक्ति पीठ मेला देवी पाटन शक्ति पीठ सहित कई आयोजनों को राज्य मेले का दर्जा मिल चुका है मंत्रिपरिषद ने सांड की ऑख फिल्म को दर्शकों के प्रवेश हेत् राज्य जीएसटी की समत्त्य धनराशि के प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन के प्रख्यापन मत्स्य पालकों के कल्याण कोष की स्थापना प्राविधिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति जनपद रायबरेली में सीवरेज योजना फेज थ्री सहित अन्य प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या दीपावली के अवसर पर जहां साढ़े पांच लाख से अधिक दीपों से जगमगायेगी वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी को तीन सौ तिहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की सौगात देंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगातार तीसरे साल भव्य दीपोत्सव के साथ अयोध्या में पूरी हो चुकीं पन्द्रह बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जायेगा इन परियोजनाओं में राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह गुप्तार घाट पर नवनिर्माण भजन संध्या स्थल मेडिकल कॉलेज का निर्माण अयोध्या में भव्य प्रवेश और निकासी द्वार का निर्माण शामिल हैं

उन्होंने कहा कि एस एल ओ सी भारत को दो हजार पच्चीसव तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की जीवन रेखा है कल नई दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कमांडरों से तटीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा तथा उसे और मजबूत करने को कहा

यह किसी भी सूत्त में न दोहराया जा सके एक ऐसी चाक चौबंध व्यवस्था की गई है बाद में संवाददाताओं से बातचीत में रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया लेकिन अगर किसी ने बुरी निगाह से उसकी ओर देखने की कोशिश की तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग नमो एप का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल और सुझाव साझा कर सकते हैं इस कार्यक्रम का नाम दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद मोदी जी के साथ रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत नेपाल सीमा पर ऑल वेदर रोड बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने इसके लिए लोक निर्माण विभाग वन विभाग और सशस्त्र सीमा बल को नेपाल सीमा से सटे जंगलों और मैदानी इलाकों का सर्वे कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में इस सम्बंध में विभिन्न विभागों की बुलाई गई बैठक में कहा कि देश विरोधी ताकतों से जुड़े कुछ लोग भारत नेपाल की खुली सीमा का दुरूपयोग करने की कोशिश करते हैं बार्डर रोड बनने से हमारी सुरक्षा चौकियां एक दूसरे से जुड़ेंगी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी करना आसान होगा

ऐसी योजनाओं से समाज और देश मजबूत होता है उन्होने आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों को तरजीह देने पर बल दिया है राज्यपाल ने कहा कि गम्मीर रूप से बीमार बच्चों को समुचित इलाज देने के लिए एक सर्वेक्षण कराने की आवश्कता है अमेठी दौरे पर पहुंची राज्यपाल ने कल नगर के मलिक मोहम्मद जायसी जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के पात्रों को गोल्डन कार्ड वितरित किये उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है इस दौरान राज्यपाल ने अमेठी के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज की व्यवस्था के विषय में जानकारी ली उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया उनके साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी उपस्थित थीं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में चार दिवसीय प्रदेश भ्रमण पर पहुंचे दल ने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ लखनऊ में मुलाकात की और प्रदेश के वित्तीय हालात और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यो पर चर्चा की बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किये जा रहे विकास कार्यो से आयोग पूरी तरह से संतुष्ट है आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना आवश्यक है आयोग ने राज्य के विकास के लिये सभी मुद्दों का सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान प्रदेश के पंचायती राज विभाग के निदेशक डाक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बैठक में बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि संस्थाओं को अंतरित कर उसका पारदर्शिता के साथ व्यय सुनिश्चित कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करा कर खुले में शौचमुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया गया है बैठक में अधिकांश प्रतिनिधियों ने विकास कार्यो को और अधिक गति देने के लिए धन आवंटन की राशि बढ़ाने की मांग की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव में राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार पर बले देते हुए राज्य के लिए अधिक धन आवंटन की आवश्यकता बतायी वित्त आयोग की टीम ने प्रदेश के अपने चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और शहर में चल रहे तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के साथ ही मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार को भेजी जाने वाली संस्तुतियों में इसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज से गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल आज प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे

हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को कल गुजरात एटीएस ने गुजरात राजस्थान सीमा से गिरफ्तार कर लिया गुजरात आतंकरोधी दस्ते के डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने बताया कि सूरत निवासी अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन खुशीद पठान को गुजरात के शामलाजी से गिरफ्तार किया गया दोनों ने दिवंगत कमलेश तिवारी की हत्या की बात कबूली है मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है